इस दौरान श्री मोदी ने किसानों के खाते में इस निधि की पहली किस्त जारी की उन्होंने किसानों को क्रेडिट कार्ड का भी वितरण किया

इसकी अगली किस्त कुछ दिनों में जारी हो जाएगी

श्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए भी कर्जमाफी का फैसला बहुत आसान था लेकिन हमने किसानों के सषक्त बनाने की योजनाओं पर अधिक जोर दिया

पुलिस के अनुसार अपहरणकर्ताओं ने एक करोड़ रुपए फिरौती मांगी थी

बच्चों के शव बरामद होने के बाद चित्रकूट में कुछ जगहों पर हिंसा हुई घटना से आक्रोशित लोग सड़कों पर उतर आए

मुख्यमंत्री कमल नाथ ने बच्चों की हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है श्री नाथ ने बच्चों के पिता से फोन पर बात कर सांत्वना दी साथ ही भरोसा दिलाया कि मासूमों की हत्या करने वाले अपराधियों को हर हाल में कड़ी सजा मिलेगी वहीं नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने न्यायिक जांच की मांग की है पूर्व मुख्यमंत्री षिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि श्रेयांश और प्रियांश वे फूल थे जो खिलने के पहले ही डाल से तोड़ लिए गए केवल शाब्दिक सहानुभूति से काम नहीं चलेगा प्रदेश में आगे कानून व्यवस्था की स्थिति दुरुस्त हो इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे

मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्वांजलि दी और कहा कि आज मन भरा हुआ है

इन पराक्रमी वीरों ने हम सवा सौ करोड़ भारतीयों की रक्षा में खूद का बलिदान दे दिया भारत माता की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले देश के सभी वीर सपूतों को मैं नमन करता हूँ यह शहादत आतंक को जड़ से नष्ट करने के लिए हमें निरन्तर प्रेरित करेगी और हमारे संकल्प को और भी मजबूत करेगी प्रधानमंत्री ने बिरसा मुंडा पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को भी याद किया श्री मोदी ने कहा कि लोक सभा चुनाव के बाद एक नए विश्वास के साथ फिर एक बार मन की बात के माध्यम से हमारी बातचीत के सिलसिले का आरम्भ करूंगा और सालों तक आपसे मन की बात करता रहूंगा कमलनाथ पुलिस मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि पुलिस अधिकारी इतने अधिकार संपन्न हैं कि वे वंचितों को न्याय दिला सकते हैं अच्छा पुलिस अधिकारी अच्छा न्यायदाता भी होता है मुख्यमंत्री कल भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिरीक्षक उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था के माध्यम से सबसे गरीब और कमजोर वर्गों की सुरक्षा होनी चाहिए